विधानसभा में बजट पर हई चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट लाहौल स्पीति जिला के तांदी छरपक में हिमखंड गिरने से पैट्रोल पम्प और मिक्सिंग प्लांट को हुआ नुकसान

शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कांग्रेस के विनय कमार के सवाल के जवाब पर हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही इस प्रोजैक्ट से छह राज्यों को लाभ होगा तथा इसके निर्माण कार्य करने की शर्तों में प्रदेश हितों का ध्यान रखा जा रहा है

कांग्रेस के राजेंद्र राणा सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को तेज करेगी प्रदेश का एक समान विकास करवाना सरकार का उद्देश्य है उन्होंने यह भी कहा कि उद्घाटन व शिलान्यास पट्टिका को नुकसान पहुंचाने वाले की यदि पहचान होती है तो कार्रवाई की जाएगी

इस संबंध में भाजपा के परमजीत सिंह पम्मी के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों में जल उपचार संयत्र न लगाने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

भाजपा के जवाहर ठाकुर के सवाल पर वन मंत्री गोविंद ठाकर ने कहा कि सुखे व गिरे पेड़ों वाले जंगलों को चिन्हित कर इन्हें निकालने के लिए हर साल लॉट बनाए जाते हैं

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं जल संसाधनों को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित होगी और प्रदेश के छोटे व सीमांत किसानों की आय में स्थाई वृद्धि सुनिश्चित करेंगी महेन्द्र सिंह ठाकूर ने प्राथमिकता के आधार पर निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए

इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने छात्रों से संवाद किया और उन्हें श्भकामनाएं दीं केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इंस्पायर कार्यक्रम के तहत विज्ञान में प्रतिभावान विद्याथियों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है सम्मेलन केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने विभिन्न मीडिया इकाइयों के सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वह बदलती तकनीक के अनुसार खुद को ढालते रहें नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सुचना सेवा के अधिकारियों की दक्षता और सत्यनिष्ठा काफी महत्व रखती हैं इस अवसर पर सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेजी से बढ़ती तकनीक के अनुसार खुद को तैयार रखे जाने की जरूरत है

सांसद अन्राग ठाकर ने बताया कि इस दौरान वे विभिन्न सड़क परियोजनाओं व राष्ट्रीय राजमार्गो का शिलान्यास करेंगे उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे और सड़क नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेहतर सड़क सम्पर्क से व्यापार और पर्यटन बढ़ने सहित यातायात सुगम होगा मुख्यमंत्री जवाब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहा है कि सरकार ने एक साल के कार्यकाल में पूर्व की कांग्रेस सरकार के मुकावले कम ऋण लिया है

इससे पहले मुख्यमंत्री के जवाब से अंसतृष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट पर हुई चर्चा का जवाब नहीं दे रहे हैं जिस पर विपक्ष नारेवाजी करता हुआ सदन से वाहर चला गया

जयराम ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने एक साल में ईमादार प्रयास का एक साल विकास के ध्येय के साथ काम किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने एलान किया कि सरकार आइपीएच विभाग में तैनात जलरक्षकों को चरणबद्द तरीके से नियमित करेगी इसके लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार इस संबंध में नियमों में संशोधन करेगी देवभूमि दर्शन प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के प्रतिष्ठित स्थानों के दर्शन करवाने के लिए देवभूमि दर्शन योजना बनाई है

संवाद प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने मार्च में होने वाली परीक्षाओं में नकल पर अंकृश लगाने और शिक्षा में सुधार के उददेश्य से आज सोलन में प्रधानाचार्यों के साथ संवाद किया उन्होंने अध्यापकों से पारदर्शीता से कार्य करते हुए नकल रोकने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा केन्द्र में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने या उनसे छेड़छाड़ करने के बारे में संबंधित परीक्षा केन्द्र के अधिकारी से पूछताछ की जाएगी विश्व रेडियो दिवस आज विश्व रेडियो दिवस है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

आकाशवाणी भी लंबे समय से समाचार और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये जन संवाद का सशक्त माध्यम बना हुआ है

ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज सुबह हल्का हिमपात हुआ जबकि अन्य इलाकों में बादल छाए रहे

सीमा सड़क संगठन ने उदयपुर से तांदी के तरफ बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया हैं और थिरोट तक सड़क को खोल दिया गया है

दुर्घटना जिला लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में काजा लंगचा सड़क पर एक कार के बर्फ में फिसलने से गहरी खाई में गिरने पर वाहन चालक की मौत हो गई

ये लोक निर्माण विभाग में मकैनिक के पद पर कार्यरत था कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस घटना पर दुख जताते हए मृतक के परिजनों से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं इधर कल्लू जिला के काईस गांव के समीप स्थित गोम्पा की एक मंजिल में आग लगने से तीन कमरे जलकर नष्ट हो गए हैं

अग्निशमन विभाग की टीम के समय रहते प्रयासों से गोम्पा को जलने से बचा लिया गया राजीव भारद्वाज प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व चंबा के प्रभारी राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है और अपने कार्यकाल में जन कल्याण के लिए बेहतर कार्य किया है चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश हुए दोनों वार्षिक बजट जनहितैषी हैं राजीव भारद्वाज ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर चारों सीटें भाजपा की झोली में डाली जाएंगी छेश्चू मेला तीन दिवसीय राज्य स्तरीय छेश्चू मेला मंडी जिले के रिवालसर में आज शुरू हुआ विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मेले के शुभारंभ अवसर पर कहा कि तीन धर्मो की संगम स्थली में आयोजित ये मेला बौद्व सिक्ख और हिन्दू धर्मों के लोगों की आस्था का प्रतीक है